सडक सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिये कल से मनाया जायेगा राष्ट्रीय सडक सुरक्षा माह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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सीरम संस्थान द्वारा तैयार किया गया टीका कोविशील्ड सभी राज्यों को भेजा गया था भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बारह राज्यों में पहुंचाई गई सरकार के अनुसार टीकाकरण अभियान के शुरू होने से देश में कोरोना महामारी समाप्त होने की संभावना है इस बीच सरकार ने एक बार फिर दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दोहराते हुए लोगों से अनुरोध किया कि वे पहला टीका लगाए जाने के बाद मास्क उतारने और परस्पर सुरक्षित दूरी की अनदेखी करने की गलती न करें इधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के पहले दिन की समीक्षा करने के लिए आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बात की राज्यों ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को टीकाकरण के पहले दिन की प्रगति और प्राप्त लक्ष्यों की जानकारी देते हये अनुभवों के बारे में बताया

हालांकि स्वयं की सुरक्षा और बीमारी के प्रसार को सीमित करने के लिये कोरोना वैक्सीन की पूरी खुराक आवश्यक है इसे सरकार द्वारा निर्धारित टीकाकरण केन्द्र पर जाकर लगवाया जा सकता है

केन्द्र सरकार की ओर से कोरोना के विरूद्व जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है

चयनित संदेशो को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा

करीब दस महीने बाद शुरू होने जा रही नियमित कक्षाओं को लेकर सरकार ने मानक सँचालन प्रक्रिया जारी की है

इन रेलगाडियों के माध्यम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की यात्रा और सुगम हो जाएगी इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केवडिया भारत में प्रमुख पर्यटन स्थल बनकर उभर रहा है उन्होने बताया कि अमरीका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के मुकाबले केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने वालों की संख्या ज्यादा है

राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हये घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है इस बीच राज्य सरकार ने दर्घटना के शिकार मुतकों के परिजनों को दो दो लाख रूपये और घायलों को पचास पचास हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है

लोकसभा अध्यक्ष ने योजना की प्रशंसा करते हुये कहा कि इससे गांवों की समुद्धि का रास्ता और बेहतर हो सकेगा

इधर प्रदेश में भी सड़क सुरक्षा माह के तहत कई गतिविधियां आयोजित कर जागरूकता बढाई जायेगी परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और राज्यमंत्री अशोक चांदना जयपुर में जवाहर सर्किल से राज्यस्तरीय कार्यक्रम की शुरूआत करेंगे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राकेश शर्मा ने बताया कि अभियान के तहत परिवहन विभाग यातायात पुलिस शिक्षा स्वास्थ्य रोडवेज और ऑटोमोबाईल कंपनियों के साथ विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से सडक सुरक्षा के कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे

जोधपुर के शहरी क्षेत्रो में भी आज मुत कबतर पाये गये जिनमें बर्ड पल का अंदेशा जताया जा रहा है

हालांकि राहत की बात यह है कि राज्य में अब तक मुर्गियों में इस रोग की पुष्टि नहीं हुई है

शेखावाटी क्षेत्र में शीतलहर और कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है